संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है राज्य के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं संर्वद्धन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से दिन के ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

बजट सत्र राज्य विधानसभा में आज सत्ता और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हई

सदन के बाहर राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास कर रहा है उधर नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा ह्रदयेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्षी सदस्यों को अपनी बात रखने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं

इसके साथ ही सदन में पूर्व में रखे गए विधेयकों पर भी चर्चा की गई सदन में आज विपक्ष ने किसानों से संबंधित मुद्दों पर शोरशराबा किया जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक हई और आरोप प्रत्यारोप लगाए गए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि कांग्रेस किसानों को लेकर राजनीति कर रही है वॉक आउट राज्य सरकार द्वारा जारी नववर्ष पंचांग में गांधी नेहरू सरदार पटेल अंबेडकर और नेताजी का जिक्र न किये जाने पर विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस ने कल गैरसैंण में प्रदेश विधानसभा से बहिर्गमन कर दिया राज्य के संस्कृति मंत्रालय द्वारा छापे गये पंचांग में इन नेताओं का नाम शामिल न किये जाने को निंदनीय बताते हुए सदन में प्रतिपक्ष की नेता इंदिरा ह्रदयेश सहित अन्य कांग्रेसियों ने काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की हालांकि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उनकी यह मांग खारिज कर दी लेकिन उन्होंने यह मुद्दा उठाने की अनुमति दे दी जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना की कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा उत्तराखण्ड संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी नववर्ष के पंचाग में खास विचारधारा से जुड़ी विभूतियों का ही जिक्र किया गया है और अन्य विचारधाराओं से जुडे नेताओ को छोड़ दिया गया है वॉक आउट जारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा यह यदि पार्टी का पंचाग होता तो कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन यह सरकार द्वारा मुद्रित पंचाग है जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सरदार बल्लभभाई पटेल भीमराव अम्बेडकर और सुभाष चन्द्र बोस जैसे महान नेताओं की अवहेलना की गयी है संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय के इस पंचांग में सभी विभूतियों को स्थान दिया गया है उन्होंने कहा कि पहली बार संस्कृति विभाग ने इस तरह का प्रकाशन किया है जिसके लिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए सत्तापक्ष के सदस्यों ने जहां श्री पंत के बयान का मेजें थपथपाकर स्वागत किया वहीं कांग्रेसी विधायकों ने अपना असंतोष प्रकट करते हुए सदन से वाकआउट कर दिया मनरेगा राज्य के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण एवं संर्वद्वन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है भराड़ीसेंण में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की समीक्षा में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को राज्य के जल स्रोतों को रिचार्ज कराने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए उन्होंने हर जिले में उन नदियों को चिन्हित करने को कहा जिनको पुनर्जीवित किया जा सकता है श्री रावत ने कहा कि मनरेगा के तहत अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा उन्होंने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र के भौगोलिक वातावरण के अनुकूल उद्यान बागवानी और कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने पिछले पांच वर्षो में किए गए वृक्षारोपण का विस्तृत सर्वे करने के निर्देश भी दिए श्भारम्भ मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हिमालय जंगली उत्पादों के मूल्य सवंधन से बने उच्च उत्पाद के ब्रॉन्ड मॉउन्टेन बीम का आज चमोली जिले के कर्णप्रयाग में शुभारभ किया यह ब्रॉन्ड हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर हार्क और यू कॉस्ट की संयुक्त देखरेख में तैयार किया गया है इस अवसर पर श्री रावत ने कहा कि परम्परागत कार्यो के साथ प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी बनाकर उनका मूल्य संवर्धन करना जरूरी है किसानों की आय में वृद्वि करने के लिए स्थानीय उत्पादों को बढावा देने के साथ ही उसकी ब्रान्डिंग और प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों में व्यावसायिक सोच विकसित करना जरूरी है महिला सशक्तीकरण पर जोर देते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए महिलाओं का मजबूत होना जरूरी है उन्होंने हार्क संस्था में कार्य करने वाली सभी महिलाओं को उत्तम प्रोसेसिंग एवं ब्रान्डिंग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने को कहा

सरकार का लक्ष्य पांच हजार महिला स्वयं सहायता समृहों को तैयार कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में मार्केटिंग सोसायटी भी बनायी जा रही है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से दिन के ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर भी यह उपलब्ध रहेगा कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा मौसम मार्च के महीने के ढ़लने के साथ ही प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है मैदानी इलाकों के बाद अब पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान में वृद्धि हो रही है इसके चलते पूरे राज्य में गर्मी में इजाफा हो रहा है प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तापमान में लगातार वृद्धि जारी रहेगी

घोषणा नगर निकायों के सीमा विस्तार एवं जनसंख्या वृद्धि के फलरूवरूप पर्यावरण संरक्षण स्वच्छता और कार्यक्शलता के दृष्टिगत राज्य में दो हजार कार्मिकों की भर्ती की जायेगी

यह घोषणांए करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि नवगठित की जा रही नगर पंचायतों के लिए कार्यालय भवन का निर्माण किया जायेगा इसके अतिरिक्त अवस्थापनाओं और विकास सुविधाओं के लिए एक करोड़ रूपये प्रति निकाय दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है

गंगा स्वच्छता तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा को स्वच्छ रखने की नमामि गंगे मुहिम के तहत राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन पखवाड़े का आयोजन किया गया त्रिवेणी घाट में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालय के छात्रों ने गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने घाट और आसपास के क्षेत्र में जन जागरुकता रैली निकालकर सफाई के प्रति लोगों को जागरुक किया गिरफ्तारी देहरादून में एक दिन के भीतर में पांच कारों का शीशा तोड़कर लाखों रुपए चुराने के मामले का खुलासा करते हुए तमिलनाड् के आठ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार टप्पेबाजों के कब्जे से चोरी किये गये बैग लैपटाप मोबाइल कैमरा आदि सामान बरामद किया गया हैं घटनाओं के खुलासे के लिए संबंधित थानों के पुलिस कर्मियों के अलावा विशेष कार्य दल से भी मदद ली गई थी अर्थ ऑवर आज रात साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर यह विश्व का सबसे बड़ा आन्दोलन है इसके तहत लोग एक घंटे के लिए बिजली का अनावश्यक उपयोग बंद कर देते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया भर में एकता का प्रदर्शन करते हैं पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने आकाशवाणी से बातचीत में लोगों से कहा कि अपने प्रतिदिन के जीवन में अच्छी हरित व्यवस्था का उपयोग करें शुभकामना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रामनवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है रामनवमी की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के जन्मोत्सव का यह पर्व हमें भारतीय संस्कृति के उदात्त गुणों भक्ति श्रद्वा शक्ति और सदाचार की प्रेरणा प्रदान करता है